हरियाणा में जल संरक्षण के लिए राज्य विशेष कार्य योजना पर काम श्रू हआ हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान के प्रधान निदेशक को योजना का नोडल अधिकारी नामित किया गया केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि कुछ ऐसे तत्व जो भारत में शांति नहीं चाहजे वे नेपाल और भूटान की सीमा से घ्सपैठ की कोशिश कर रहे है लेकिन अर्धसैनिक बलों दवारा उनकी घ्सपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जारहा है

उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सशस्त्र सीमा बलों का योगदान अनुकरणीय है और देश उन शहीदों को सलाम करता है जिन्होंने सीमाओं की रक्षा करते हये अपने जीवन का बलिदान दिया

उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वले नागरिकों के लिए सशस्त्र सीमा बलों दवारा चलाये जा रहे अभियानों की सराहना की और कहा कि ये मानवता के प्रति उनकी सेवा भावना को दर्शाता है इस अवसर पर गृहमंत्री ने सशस्त्र सीमा बलों के जवानों को उनकी बहाद्री और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया

नई दरे अगले साल पहली मार्च से लागू होगी

हरियाणा सरकार दवाराग्रुग्राम में ब्लॉकचेन तकनीकी पर एक उत्कष्टता केंद्र स्थापित किया जायेगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय के संगठन सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पाक्रस ऑफ इंडिया दवारा हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकीयांत्रिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से यह केंद स्थापित किया जायेगा

इस पहल से ब्लॉक चेन क्षेत्र में अत्याध्निक तकनीकों पर स्टार्टअप्स श्रू करने के साथ साथ राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त समाज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और सेवा वितरण की गृणवता में सुधार करने में मदद मिलेगी प्रवक्ता ने बताया कि यह उत्कृष्टता केन्द्र विशेष रूप से ब्लॉकचेन प्रौदयोगिकी और एक व्यवहार्य कारोबार योजना के साथ इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में संभावित अत्याध्निक सुचना प्रौदयोगिकी उदयमी की पहचान करेगा और उसकी सहायता करेगा इसके साथ ही यह केन्द्र प्रबंधित कार्य क्षेत्र के साथ प्रक्रियाओं प्रौद्योगिकियों और उत्पाद के विकास में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा यह उत्कृष्टता केन्द्र परामर्श और विपणन सहायता भी उपलब्ध करवाएगा नवाचारों के व्यावसायीकरण के लिए शोधकर्ताओं और उद्यमियों को जोड़ेगा और देश के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ाएगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि विदयालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उतकृष्ट प्रदर्शन करेन वाली सरकारी व निजी स्कूलों को कल भिवानी में होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दवारा सम्मानित किया जायेगा इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों और नकल रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अध्यापकों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे

उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा अपने कार्य को स्चारू रूप से निष्पादित करने के लिए लगभग शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण किया गया है शिक्षा मंत्री ने बताया कि बोर्ड दवारा कल समारोह में डा कल्पना चावला अवार्ड ऐसी लड़कियों को दिया जायेगा जिन्होंने बोर्ड की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है

हरियाणा में जल संरक्षण के लिए राज्य विशेष कार्य योजना हेत् हरियाणा सिंचाई अन्संधान एवं प्रबंध संस्थान कुरूक्षेत्र के प्रधान निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है यह योजना राष्ट्रीय जल मिशन के तहत चलाई जायेगी जिसका म्ख्य उद्देश्य जल संरक्षण की कम से कम बर्बादी और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी का सामान वितरण सुनिश्चित करना है हरियाणा के मुख्य सिचव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संरक्षण के लिए राज्य विशेष कार्य योजना तैयार करने सम्बधी हई बैठक में यह जानकारी दी गई मुख्यसचिव ने अधिकारियों को इन मिश्न के तहत एक केन्द्रीयकृतपोर्टल तैयार करने को कहा है जिस पर सम्बधित विभागों दवारा समय समय पर जल स्त्रोंतों पानी की खपत और जल की गुणवता की जांच रिपोर्ट जीपीएस लोकेशन के साथ अपलोड़ की जायेगी ताकि सभी विभागों को एकीकृत डाटा उपलब्ध हो सके

प्रदर्शनकारियों की अग्वाई कर रहे लोगों ने यह आशंका प्रकट की कि ये कानून राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से सम्बधित है पूलिस दवारा उन्हें बिना बल का प्रयोग किये क्छ समय बाद इधर उधर कर दिया गया यमुनानगर से भी इस कानून के विरोध मे प्रदर्शन के समाचार मिले है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाखल मंडी की नगर पालिका में रेजीडेंट ऑडिट स्कीम के तहत ऑडिटर के पद क सुजन के एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदानकर दी है